प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का कहर रहेगा जारी

राज्य में बीते चौबीस घंटों के दौरान भीषण गर्मी और लू की चपेट में आने से सैंतालीस लोगों की मौत हो गयी है साथ ही सत्तर लोग गंभीर रूप से बीमार हैं गर्मी और लू से औरंगाबाद में सबसे ज्यादा चौंतीस लोगों के मौत की खबर है जबकि चालीस अन्य बीमार हो गए हैं औरंगाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है इसलिए मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है इस बीच स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि एक ही दिन में हुयी इन मौतों की जांच के लिये क्षेत्रीय स्वास्थ्य निदेशक आज औरंगाबाद जायेंगे इधर लू लगने से गया में सात और नवादा में छह लोगों के मौत की सूचना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद गया और नवादा में भीषण गर्मी और लू से हुयी लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है साथ ही आपदा राहत कोष से मृतकों के आश्रितों को चार चार लाख रूपये अनुग्रह सहायता राशि देने के निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने प्रशासन को इस संबंध में सभी जरूरी कदम उठाने को कहा है साथ ही लू से प्रभावित लोगों के ईलाज की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है राज्य के कई हिस्से पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और गर्म हवाओं की चपेट में है राजधानी पटना औरंगाबाद गया और मध्य तथा दक्षिण बिहार के अन्य भागों में कल तापमान छियालीस डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकार्ड किया गया गर्मी के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है मौसम कार्यालय ने बताया है कि राज्य में अगले दो दिनों तक झुलसाने वाली गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी पटना नालंदा गया और भागलपुर में आज भी लू की स्थिति बनी रहेगी वहीं उत्तर बिहार के कई हिस्सों में बादल छाये रहने और पूर्णियां तथा आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की सम्भावना जतायी गयी है इस बीच भीषण गर्मी को देखते हुये पटना और भागलपुर जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को उन्नीस जून तक बंद रखने के निर्देश दिये हैं वहीं शिक्षा विभाग ने जिन जिलों में स्कूल खुल रहे हैं वहां तीस जून तक कक्षाओं का संचालन प्रातःकालीन सत्र में करने का निर्देश दिया है साथ ही इस महीने की उन्नीस तारीख तक सरकारी और निजी स्कूलों में सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों पर फिलहाल रोक लगा दी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन आज मुजफ्फरपूर जा रहे हैं जहां वे इंसेफ्लाईटिस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करेंगे उनके साथ केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी मौजूद रहेंगे डॉक्टर हर्षवर्द्वन श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल और केजरीवाल अस्पताल का दौरा करेंगे जहां सबसे अधिक मौतें हुई हैं साथ ही वे मरीजों और उनके परिजनों से भी मूलाकात करेंगे मूजफ्फरपूर से वापस लौटने के बाद डॉक्टर हर्षवर्द्वन पटना में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे इधर बीते चौबीस घंटों के दौरान पांच अन्य बच्चों की मौत के बाद प्रदेशभर में दिमागी ब्रखार से मरने वालों की संख्या बढ़कर अस्सी हो गई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में बीमारी की रोकथाम के लिए गांव स्तर पर आंगनबाड़ी सेविकाओं की मदद ली जा रही है इंसेफ्लाईटिस से उत्तर बिहार के बारह जिले प्रभावित हैं बीमारी का प्रकोप अब नये इलाकों में भी फैलने लगा है बेगूसराय समस्तीपुर और सीतामढ़ी जिले में भी दिमागी बुखार के संदिग्ध मामले सामने आये हैं बेगूसराय में तीन बच्चों की मौत की खबर है सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में इंसेफ्लाईटिस के संदिग्ध सात बच्चों का निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है जहानाबाद में भी इसेफ्लाईटिस का एक संदिग्ध मामला सामने आया है जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गयी इस बीच केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल का दौरा किया उन्होंने कहा कि सरकार बीमारी से निपटने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस से हो रही बच्चों के मौत पर भाजपा ने आगामी दो सप्ताह तक कोई भी स्वागत या सम्मान समारोह नहीं करने का निर्णय लिया है केंद्र में गृह राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार आये प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय ने इसकी घोषणा की बिहार गूजरात और ओडिशा से राज्यसभा की छह रिक्त सीटों के लिए उपच्नाव पांच जुलाई को होंगे ये सीटें तीन सदस्यों के लोकसभा एक सदस्य के ओडिशा विधानसभा के लिए चुने जाने और एक के राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिए जाने के कारण रिक्त हुई हैं केन्द्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद के सांसद बनने के बाद बिहार से राज्यसभा की एक सीट भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के सांसद बनने के बाद गुजरात से राज्यसभा की दो सीटें तथा ओडिशा से तीन सीटें रिक्त हुई हैं इस उपचुनाव के लिए अधिसूचना अठारह जून को जारी होगी नामांकन भरने की अंतिम तारीख पच्चीस जून है नामांकन पत्रों की जांच छब्बीस जून को की जायेगी नाम वापस लेने की अंतिम तारीख अठाईस जून है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में उन्होंने पिछड़े राज्य बिहार की तेज गति से विकास के लिये यह मांग रखी उन्होंने गैर रैयतों को भी किसान सम्मान निधि का लाभ देने की मांग उठाई साथ ही उन्होंने किसानों को कृषि ऋण के लिये बीमित होने के शर्त हटाने की मांग की सुरेश कुमार अब मुजफ्फरपुर के मेयर नहीं रहे कल उनके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें वो पराजित हो गये जब तक नये मेयर का चुनाव नहीं होता है तब तक डिप्टी मेयर मारू मरदन शुक्ला मेयर का कामकाज संभालेंगे आज विश्व कप क्रिकेट में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से मैनचेस्टर में होगा मैच भारतीय समयानुसार दिन के तीन बजे से खेला जाएगा आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल दिन के ढाई बजे से डीटीएच हिंदी और अन्य मीटरों पर सुना जा सकेगा प्रदेश के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पुराने वेतमान पर बाईस सौ तेरह रिक्त पदों पर सहायक शिक्षकों की नियुक्ति जल्द ही की जायेगी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिये प्रक्रिया शुरू कर दी है ये नियुक्तियां चौंतीस हजार पांच सौ चालीस बचे हुये पदों पर होनी है पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि पटना नगर निगम शहर के दस किलोमीटर के दायरे में जमीन खरीद कर वहां शहरी गरीबों और विस्थापितों को बसायेगा हाऊस फॉर ऑल योजना के तहत आवास बनाकर दो हजार बाईस तक उन्हें आवंटित किया जायेगा विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में कांवरियों की सुविधा के लिये लगभग चार करोड़ की लागत से कांवरियां पथ को दुरूस्त किया जायेगा इसके तहत भागलपुर बांका और मुंगेर जिला के अंतर्गत पड़ने वाले कांवरियां मार्गों का जीर्णोद्वार कराया जायेगा जेईई एडवांस्ड और मेन्स में सफल अभ्यर्थियों के लिये आईआईटी एनआईटी और दूसरे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिये कांउसिलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है च्वाईस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज सुबह दस बजे से शुरू होगी जो पच्चीस जून तक चलेगी शिक्षा विभाग ने सभी पंचायतों में नौवीं की कक्षा शुरू करने के लिये प्लस टू विहिन पंचायतों में सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार में लू और गर्मी से हुयी मौत की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके अलावा अलग अलग खबरों को भी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है बिहार में लू ने बरपाया कहर छियालीस लोगों की जान गयी दैनिक जागरण लिखता है पटना में तपीश ने तोड़ा तिरपन साल का रिकॉर्ड दैनिक भास्कर की सुर्खी है आसमान से बरसा कहर लू से एक ही दिन में औरंगाबाद में तीस गया में पच्चीस लोगों की मौत अखबार की एक अन्य सुर्खी है मैनचेस्टर में भारत पाकिस्तान मैच आज मैदान की क्षमता छब्बीस हजार टिकट के आठ लाख आवेदन प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को पहले पन्ने पर स्थान देते हुये लिखा है बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा

प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का कहर रहेगा जारी